भाजपा बसपा माकपा उक्रांद और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किये टिहरी की निवर्तमान सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने आज देहरादून में अपना नामांकन दाखिल किया पौड़ी संसदीय सीट के लिए भाजपा के तीरथ सिंह रावत ने नामांकन किया रुद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों से अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने के निर्देश दियेकहा लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त आज विश्व जल दिवस है लंबे समय से जल संरक्षण के प्रयास में लगे हैं बागेश्वर के किशन मलड़ापेयजल की बर्बादी रोकने का दे रहे संदेश

जिसमें भाजपा के साथ ही बसपा माकपा उक्रांद और निर्दलीय शामिल हैं गढ़वाल संसदीय सीट के लिए आज भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने नामांकन दाखिल किया

नामांकन के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में जनसभा भी आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विकास और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है वहीं पौड़ी से प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री भ्वन चन्द्र खण्ड्ड़ी को अपना आदर्श बताया इसके अलावा गढ़वाल संसदीय सीट के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के शांति प्रसाद भट्ट और स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मुकेश सेमवाल ने अपना नामांकन कराया गढ़वाल संसदीय सीट के लिए अब तक कुल चार प्रत्याशी अपने नामों के पर्चे दाखिल कर चुके हैं इससे पहले कैलाश शंकर त्रिवेदी भी अपना नामांकन करा चुके हैं

इस सीट के लिए सी पी आई एम प्रत्याशी राजेंद्र पुरोहित ने पर्चा भरा उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के नामांकन पर सवाल खड़ा करते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत की है उनका कहना है कि भाजपा प्रत्याशी के साथ आयोग द्वारा तय की संख्या से ज्यादा लोग पहंचे

नामांकन करने वालों में बसपा से अंतरिक्ष सैनी निर्दलीय शिशुपाल और त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड क्रांति दल डेमोक्रेटिक से नामांकन किया अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए आज दो नामांकन हए बसपा से सुन्दर धोनी और निर्दलीय प्रत्याशी सज्जन लाल टम्टा ने यहां से नामांकन किया जबकि तीन प्रत्याशियों ने प्रपत्र खरीदे

स्लग कांग्रेस पॉलीटिक्स राज्य की पांच लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है इसलिए पार्टी में तरह तरह की अटकलें चल रही हैं कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा हैं कि पार्टी आलाकमान जिसे भी टिकट देगा पूरी पार्टी उस नेता को चुनाव जिताने को लेकर एकजुट होकर कार्य करेगी

इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस आज कल में ही अपने उम्मीदवारों का एलान करेगी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

पार्टी आलाकमान ने तीन सीटों पर एक बार फिर निवर्तमान सांसदों पर ही भरोसा जताया है अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और टिहरी लोकसभा क्षेत्र से माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी घोषित किया है नये उम्मीदवारों के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को नैनीताल संसदीय सीट से और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित किया गया है

प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पहंचने पर रमेश पोखरियाल निशंका का उनके समर्थकों ने स्वागत किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरेंगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करेंगे

उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों और सुरक्षा जवानों से अपनी जिम्मेदारियो का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से निभाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कार्मिक नोडल अनुभाग से निर्वाचन कार्य के लिए कार्मिकों की तैनाती आदेश जारी किए गये हैं जिसके पहले प्रशिक्षण की तिथियां भी घोषित की गयी हैं बीमारी के मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी को मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए गये हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही किसी भी कार्मिक को डयूटी से मुक्ति पर निर्णय लिए जाएंगे स्लग कांग्रेस में शामिल रुद्रप्रयाग के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप थपलियाल अपने सहयोगियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए आज देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की प्रदीप थपलियाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं

स्लग जागरूकता चमोली मतदान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चमोली जिले में स्वीप के तहत दूर दराज के गांवों तक जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर खासतौर पर ऐसे सभी मतदेय स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जहां पिछले चुनावों में कम मतदान हुआ है इसी कड़ी में धिंघराण में महिला एवं युवक मंगल दल अभिभावक संघ और स्थानीय लोगों को नैतिक मतदान की जानकारी दी गई साथ ही लोकसभा चुनाव में बिना किसी प्रलोभन के निडर होकर मतदान की शपथ दिलाई गई

चारों तरफ हो रहे विकास और औद्योगिकरण की कीमत हमें स्वच्छ पेयजल के रूप में चुकानी पड़ रही है हालांकी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन रूपी जल के संरक्षण के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं बागेश्वर के किशन मलड़ा इनमें से एक हैं किशन मलड़ा सालों से जंगलों के साथ ही जल संकट को दूर करने के लिए धारों नौलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं

गौरतलब है कि विश्व जल दिवस पर ताजा पानी के महत्वल और उसके स्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों पर बल दिया जाता है इस वर्ष जल दिवस का विषय है कोई वंचित न रहे वनों का कटान सिकुड़ती क़ृषि भूमि और तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगल के कारण बरसाती पानी का संग्रहण घटता जा रहा है गर्मियों के मौसम में पानी की कमी सबसे ज्यादा होती है और भारत में करोड़ों लोगों का पूरा दिन ही पानी का इंतजाम करने में बीतता है

स्लग खिलाड़ी स्वागत हांगकांग में एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दस हजार मीटर की वॉक रेस में कांस्य पदक जीतने वाले परमजीत सिंह और कोच गोपाल बिष्ट का गोपेश्वर पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया